राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित किया अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि विविधताओं से समृद्ध हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाये जाते हैं परन्तु राष्ट्रीय त्यौहार को सभी देशवासी देशप्रेम की भावना के मिलकर मनाते है

गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा अपने संविधान के प्रति सम्मान व आस्था प्रकट करते है राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में रेखांकित न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुत्व के जीवन मूल्य हम सबके लिये पुनीत आदर्श है हम सभी नागरिकों को इन आदर्शो का द्रढता और निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिये उन्होंने कहा कि विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसानों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिये पूर्णतया पतिबद्ध है

विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिये पूर्णतया प्रतिबद्ध है जिस प्रकार हमारे परिश्रमी किसान देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं उसी तरह हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठोरतम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहे है राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे सैनिक देश की रक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं हमारे सैनिकों की बहादुरी देशप्रेम और बलिदान पर हम सभी देशवासियों को गर्व है उन्होंने कहा कि राष्ट्र अंतरिक्ष से लेकर खेल खलिहानों तथा शिक्षण संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है और उन्होंने दिनरात परिश्रम करते हुए बहुत कम समय में कोरोना वैक्सीन को विकसित करके पूरी मानवता के कल्याण के लिये एक नया इतिहास रचा है राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में उन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का भी जिक्र किया

राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराना हमारी लोकतंत्र की सराहनीय उपलब्धि रही है राष्ट्रपति ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सैन्य सुरक्षा आपदा तथा बीमारी से सुरक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों को शक्ति दी है बाइट खाद्य सुरक्षा सैन्य सुरक्षा आपदाओं और बीमारी से सुरक्षा एवं विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों से शक्ति दी है अंतरिक्ष से लेकर खेत खलिहानों तथा शिक्षण संस्थाओं से लेकर अस्पतालों तक वैज्ञानिक समुदाय ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है दिनरात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डीकोड करके बहुत कम समय में वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण के लिये एक नया इतिहास रचा है

इस उपलब्धि के लिये देश के नागरिकों का भी बहुमूल्य योगदान है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज असाधारण योग्यता के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विशेष है क्योंकि जिन्हें ये प्रदान किये जा रहे हैं उन्होंने कोरोना के कठिन समय में इसे अर्जित किया है बाइट आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई जब से आपको पता चला होगा कि आपका नाम इस पुरस्कार के लिए चुना गया है आपकी बेसब्री बढ़ गई होगी आपके माता पिता दोस्त टीचर्स वो सब भी आपके जितना ही एक्साइटेड होंगे आपकी तरह मैं भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था लेकिन कोरोना की वजह से अभी हमारी वर्चुअल मुलाकात ही हो रही है प्यारे बच्चो आपने जो काम किया है आपको जो पुरस्कार मिला है वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है श्री मोदी ने कहा कि पुरस्कृत बच्चों की सफलता से कई लोग प्रोत्साहित होंगे उन्होंने कहा कि देश के अन्य बच्चे जो इन्हें देख रहे हैं और पुरस्कृत बच्चों को सुन रहे ह वे भी इनकी सफलता से प्रोत्साहित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्च्यअल माध्यम से गौतमबुद्ध नगर में सात सौ करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास की ऊंचाईयों तक ले जाने के लिये लगातार योजना बनाने के साथ उसे क्रियान्वित भी कर रहो हैं श्री योगी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद को एक नई पहचान दी हैं उन्होंने कहा कि नोएडा हाट में लगाई गई प्रदर्शनी में सभी जनपदों के उत्पादों के स्टॉल लगाये गये हैं जहां परम्परागत उद्यम से जुड़े हस्तशिल्पियों और कारीगरों को एक मंच मिलने के साथ साथ उन्हें केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़ने का आधार भी मिला है मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट पर तेजी से कार्य किया जा रहा है

आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि मताधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है उन्होंने देशवासियों से इस बहुमूल्य अधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का अधिकार मिला है श्री कोविंद ने कहा कि इसके लिए हम देश के संविधान के निर्माताओं के ऋणी हैं

गणतंत्र दिवस पर मुख्य आयोजन लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित किया जायेगा इस अवसर पर भव्य परेड और विभिन्न विभागों की झांकियां आकर्षण का केन्द्र होगी राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल परेड की सलामी लेंगी इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये जायेंगे

समाप्त